उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य मंत्री पेमा खांडू ने कहा कि पर्यटन के विकास से अरुणाचल में काफी बदलाव लाया जा सकता है उन्होंने कहा कि ओरेंज फेस्टिवल स्थानीय लोगों के बीच अब व्यापक रुप से अपनाया जा रहा है श्री खांडू ने कहा कि यह फेस्टिवल हर वर्ष ओर बेहतर तथा ओर बढ़ता जा रहा है जिससे स्थानीय जनजातीय समुदायों को आर्थिक रुप से लाभ होगा

मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल लोअर दिबांग वैली जिले के बोलुंग में दस फीट ऊंची कास्य से बने स्वर्गीय डॉ भ्रपेन हजारिका के प्रतिमा का अनावरण किया ये प्रतिमा भाईचारे के प्रतिक के रुप में भी जाना जाता है समारोह में मुख्य मंत्री ने कहा कि असमिया भाषा को तीसरी भाषा के रुप में बनाने के प्रस्ताव को राज्य मंत्रिमंडल में उठाया जाएगा उन्होंने कहा कि इससे असम और अरुणाचल के बीच संबंध और मजबूत होंगे श्री खांडू ने यह भी कहा कि छात्रों को असमिया भाषा को तीसरी भाषा के रुप में अपनाने को अनिवार्य नहीं किया जाएगा और विद्यार्थी को तीसरी भाषा के बीच चयन करने की पूरी छूट मिलेगी

उन्होंने इस उपलब्धी के लिए श्री म्रा और उनके दल को बधाई दी और श्री म्रा को राज्य में पर्वतारोहण के अग्रणी के रुप में वर्णन किया इस अवसर पर श्री चाई ने कहा कि पर्वतारोहण और उससे संबंधित गतिविधि को अगर ईमानदारी से लिया जाए तो यह राज्य के लिए भारी राजस्व उत्पन्न कर सकता है माऊंट क्यारिसतम ईस्ट कामेंग जिले के सावा अंचल में समुद्री स्तर से सात सौ एक मीटर ऊपर एक बारहमासी बर्फ से ढका शिखर है ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में गत शुक्रवार को जिले के माध्यमिक एवं उच्चतर विद्यालयों से बाईस शिक्षकों को अरुणाचल राईजिंग केम्पिग के तहत प्रशिक्षण दिया गया आई पी आर विभाग द्वारा इन बाईस शिक्षको को संप्रेषक के रुप में नियुक्त किया गया है इस अवसर पर ईस्ट सियांग जिला उपायुक्त तामियों तातक ने कहा कि देश के भविष्य के अभिभावक होने वाले छात्र को सभी सरकारी पहल के बारे में जानने का अधिकार है उन्होंने कहा कि सभी कल्याणकारी सरकारी योजनाओ के बारे में बच्चों को बेहतर दंग से समझाने की क्षमता केवल शिक्षको में ही है

रक्षामंत्री निर्मला सीतारामन नौसेनाध्यक्ष एडमिरल सुनील लांबा वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ और उपप्रमुख लेफ्टिनेंट जरनल देवराज अनबू ने अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित किए

इस युद्ध के बाद पूर्वी पाकिस्तान का बंगलादेश के रुप में उदय हुआ था